कई पूर्वी जिलों में मकर संक्रांति का पर्व कल भी मनाया जायेगा गोरखपुर के गुरू गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष लगने वाला खिचड़ी मेला भी कल से ही शुरू होगा मकर संक्रांति पर्व पर आज भारी संख्या में लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान पुण्य किया उदया तिथि के मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति का स्नान पर्व कल भी रहेगा वाराणसी में भी भारी संख्या में श्रद्वाल्ओं ने गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान करने के बाद दान पृण्य किया चित्रकृट में श्रद्वाल्ओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर के कामदगिरि की परिक्रमा की वहां भरत कूप पर तीन लाख से अधिक श्रद्वालु जुटे और स्नान करने के बाद खिचड़ी का दान किया अमरोहा जिले के गंगाधाम तिगरी में भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने आज पवित्र गंगा नदी में स्नान कर के पूजा अर्चना और दान पृष्य किया फर्रूखाबाद में एक लाख से अधिक श्रद्वालुओं ने विभिन्न गंगा घाटों पर ड्बकी लगायी वहां मकर संक्रांति का स्नान कल भी जारी रहेगा पीलीभीत में आदि गंगा गोमती और शारदा सहित विभिन्न नदियों के तटों पर लोगों ने आज स्नान दान और पुजा अर्चना की अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने सरयू नदी में स्नान करने के बाद वहां के विभिन्न मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन किये मकर संक्रांति पर्व पर जौनपुर में गोमती नदी में डुबकी लगाने के बाद लोगों ने दान पुण्य किया सई और गोमती नदियों के संगम राजेपुर त्रिमोहानी पर ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्वालुओं ने स्नान करना शुरू कर दिया था कन्नौज के महादेवी घाट पर भी संक्रांति स्नान के लिये आज श्रद्वालुओं की भारी भीड़ रही वहां लगे मेले में विभिन्न जिलों से आये लोग शामिल थे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मकर संक्रांति तथा फसलों से जुड़े विभिन्न नामों से विख्यात पर्वो पर लोगों को हार्दिक शुभकामनायें दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व की हार्दिक बधाई दी है अपने बघाई सन्देश में उन्होंने कहा है कि यह पर्व हमारे देश की समुद्ध विरासत और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है

मेले की समी तैयारियां पूरी कर ली गयी है तीर्थयात्री शहर में आने शुरू हो गये हैं संगम तट पर स्नान का सिलसिला भी शुरू हो गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि साध् संतों के अलावा बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी मेले में आ रहे हैं बड़ी संख्या में आए विदेशी पर्यटक यहां मौजूद बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की जमकर सराहना कर रहे हैं ब्राजील से आए डेनियल के लिए यह सपने के पूरा होने जैसा है जर्मनी के शैंवियों ने कहा कि मेर्ले की सुविधाएं प्रभावशाली है और पूरे विश्व को इस आयोजन का सम्मान करना चाहिए पिछले तीन बार से कुंभ मेले में आ रहे नेपाल के बलवीर ने कहा कि इस बार दुनियादी ढांचा बहुत अच्छा है वही बेल्जियम की एनी ने मेले की जमकर तारीफ की

कुम्भ मेले का आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी ने अलग से एक किलोवाट का रेडियो स्टेशन कुम्भवाणी स्थापित किया है इसका प्रसारण पैंतीस किलोमीटर के दायरे में प्रतिदिन सुबह पांच बजकर पचपन मिनट से रात दस बजकर पांच मिनट तक सुना जा सकता है आकाशवाणी ने पहली बार कुम्भवाणी से सभी कार्यक्रमों के प्रसारण की यू ट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की है दूरदर्शन क्म्भ मेले के विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण कल से शुरु करेगा उच्चतम न्यायालय ने उन्नीस सौ चौरासी के सिख दंगे मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को हुई सजा के खिलाफ उनकी अपील की सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने श्री सज्जन कमार की जमानत याचिका पर भी नोटिस जारी किया है

इस अधिसूचना के अंतर्गत सरकार ने दस केन्द्रीय एजेंसियों को अधिकार दिया है कि वे किसी भी कम्पयूटर प्रणाली की सामग्री को बीच में रोक सकती हैं और उस पर नजर रख सकती हैं शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र से छह हफ्तों के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है गृहमंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि सरकार की अधिसूचना के अनुसार दस केन्द्रीय जांच और गुप्तचर एजेंसियों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी कम्पयूटर में डाली गई सामग्री को बीच में रोक सकती हैं और उसका विश्लेषण कर सकती हैं